इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अन्मान है

वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि आम लोगों को भी बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से स्लभ हो सकें

दिवंगत सदद्यों को श्रद्वांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाई दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई संसद की अगली बैठक सोमवार को होगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं

वहींराष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हए उन्होंने कहा कि सरकार देश में वर्च्अल विश्वविदयालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि म्ख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कल दवितीय किस्त किसानों के खातों में जमा की जायेगी मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी करेंगे

इसमें देश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सहभागिता होगी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन से म्लाकात इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया साथ ही उन्होंने प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तार से जानकारी दी

इस अभियान के तहत जन जागरूकता हेत् सागर में वाहन रैली का आयोजन किया गया नीमच में इस बार पोलियो की दवा पिलाने में कोविड को देखते हए विशेष सावधानिया रखी जायेगी

मंत्रालय के गेट क्रमांक एक के समक्ष स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारी कर्मचारी मौन धारण करेंगे

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी